उन्होंने ईक्कीस राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण प्रस्कार भी प्रदान किए तामिलनाडु और कर्नाटक के मछुआरों को भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं और ऐसे ट्रांसपोंड्स दिए गए जो गहरे समुद्र में जाने में मदद करते हैं

उन्होंने कहा कि कॉफी रबर नारियल और दालों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु किए गए हैं

कर्नाटक के तुमकुरु में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यक का हमेशा उत्पीड़न होता है उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को गलत बताया और कहा कि विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ होने चाहिए

आज ग्रवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राज्य अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा कि ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून सी ए ए के अंतर्गत बंग्लादेश के डेढ़ करोड़ हिंदुओं को राज्य में बसा दिया जाएगा उन्होंने आशा व्यक्त की कि असमिया भाषा को हमेशा के लिए राज्य की भाषा बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि पार्टी शनिवार को गुवाहाटी में एक रैली करेगी जिसमें सी ए ए पर लोगों को जागरुकता किया जाएगा

इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ इस इवेंट का आयोजन प्रतिवर्ष करता है इस इवेंट में विश्व भर के वैज्ञानिक नवोन्मेष तथा अनुसंधान पर विचार विमर्श करते हैं

इसके अलावा इस सम्मेलन में इसरो डी आर डी ओ विज्ञान व तकनीक विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे

गूरु गोविंद सिंह का जन्म सोलह सौ छाछठ में हुआ था जो सिखों के सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरुओं में समझे जाते है वे एक महान लेखक थे और उनकी शिक्षाएं गुरुग्रंथ साहिब में सबदों के रुप में लिखी गई हैं उन्होंने अपना जीवन सत्य न्याय और करुणा जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित किया

इस अवसर पर पंजाब के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना मत्था टॆका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर स्वर्ण मंदिर में सबद कीर्तन में हिस्सा लिया

बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर भी उन्नीस रुपये महंगा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी की वजह से दरों में लगातार दूसरे महीने वृद्धि की गई है उपभोक्ताओं ने नए साल में बिना सब्सिडी वाले एल पी जी सिलिंडर की दरों में बढ़ोत्तरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि इस वर्ष एल पी जी के मूल्य स्थिर रहेंगे

वेबसाइट पर व्यवधान आने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाने को देखते हुए यह निर्णय किया गया है

चिकित्सा स्नातक के लिए नीट प्रवेश परीक्षा इस वर्ष तीन मई को आयोजित की जाएगी